केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आध्रनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जताई आवश्यकता धनतेरस त्यौहार के आयोजन की तैयारियां जोरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेश यासियों को बधाई रामनगरी अयोध्या में लाओस की रामलीला के साथ कल से तीन दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया तीन दिनों तक चलने वाले इस दीपों के उत्सव में छः नवम्बर को इस बार तीन लाख दिये जलाकर विश्व रिकार्ड स्थापित किया जायेगा पिछले वर्ष लगभग एक लाख अस्सी हजार दीप जलाये गये थे इस बार दीपोत्सव में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला और राष्ट्रपति की पत्नी किम जांग शुर्क मुख्य अतिथि होंगी प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया इस बार की खास चीज यह है कि कोरिया की जो प्रथम महिला हैं उनके जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी यहां मुख्य अतिथि होगी इस अर्न्तराष्ट्रीय महत्व के आयोजन के मद्देनज़र अयोध्या में सुखा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

हमारे यहां के राज्यपाल महोनय रहेंगे बिहार के राज्यपाल रहेंगे और साथ ही साथ साउथ कोरिया फ्रर्स्ट लेडी जो प्रथम महिला है वह भी हमारे द्वारा आमंत्रित की गई हैं तो एक नेशनल के साथ साथ एक इन्टरनेशनल इन्पोर्टेन्ट फेस्टिवेल है तो इसकी सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम किये गये हैं

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने इसके और बढ़ने की आशा व्यक्त की है

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय गड़बड़ियां रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की शुरूआत की है इसमें जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले लोगों और संबंधित लंबित अदालती माम्लों को भी दर्ज किया जाएगा रिजर्व बैंक ने पंजीयन प्रक्रिया विकसित करने के लिए कंपनियों से अभिरुचि पत्र आमंत्रित किये हैं इन कंपनियों का वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्ष के दौरान सालाना सौ करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए इससे बैंक और कितीय संस्थान मौजूदा और संमावित लेनदारों की मौजूदा वास्तविक स्थिति जान पाएंगे पेट्रोल की कीमत में इक्कीस पैसे और डीजल की कीमत में सत्रह पैसे प्रति लीटर की कटौती की गयी है अविसुचना के अनुसार अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अठहत्तर रुपये अठहत्तर पैसे प्रति लीटर होगी जबकि एक लीटर डीजल तिहत्तर रुपये छततीस पैसे का मिलेगा मुम्बई में पेट्रोल बयासी रुपये अट्ठाईस पैसे और डीजल छिहत्तर रुपये अट्ठासी पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा पिछले अट्ठारह दिनों में पेट्रोल की कीमत में चार रुपये पांच पैसे और डीजल की कीमत में दो रुपये तैंतीस पैसे प्रति लीटर की कटौती की जा चुकी है अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन धारकों की संख्या एक करोड चैबीस लाख के पार पहंच गयी है चाल वित्त वर्ष के दौरान सत्ताइस लाख से अधिक नये सदस्य इस योजना से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश सहित बिहार आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक योगदान कर रहे है यह भारत सरकार से गारण्टी प्राप्त पेंशन योजना है जिसमें अट्ठारह से चालीस वर्ष की आयु वाला कोई भी नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर सकता है राष्ट्रीय राजघानी दिल्ली में वायु प्रद्षण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रद्यण संबंधी शिकायते ट्विटर और फेसबुक पर दर्ज कराने को कहा है सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दस दिनों तक चलने वाले स्वच्छ वायु अभियान की शुरूआत की है इसके तहत वायु प्रदूषण पर रोक के लिए लागू उपायों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है इस अभियान के तहत केंद्रीय प्रद्यण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित निगरानी दल दिल्ली के विभिन्न इलाकों के साथ साथ फरीदाबाद गुरूग्राम गाजियाबाद और नोएडा जैसी जगहों का दौरा कर रही है इस सिलसिले में पिछले दो दिनों में नियमों की अवहेलान करने वालों से अस्सी लाख रूपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आघुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया है कल नई दिल्ली में उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद की बीस लाख दवाये उपलब्ध है श्री नाइक ने कहा कि इस संगोष्ठी का आयोजन युवा उद्यमियों को आयुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोतसाहित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है केवल एक औषधि के ऊपर संशोधन करके भी एक व्यक्ति अच्छा उद्योजक बन सकता है उद्योजकता के लिए हमारे टेक्नॉलोजी का सहारा लेना चाहिए अत्याध्निक टेक्नॉलोजी के साथ आयुवेदा को बढ़ाना और बढ़ावा देना चाहिए डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ के आयुवेदा में कई अन्वेषण किए जा सकते है टेती मेडिसिन मोबाइल एप या डिजिटल मार्केटिंग इस प्रकार के अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम आयुर्वेद को नई दृष्टि से पेश कर सकते हैं और प्रचार प्रसार इसका अच्छी तरह कर सकते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितान कांत ने आयुर्वेद औषधि निर्माताओं से इनकी शुद्धता बनाये रखने का आग्रह किया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में दिग्विजय नाथ आयुर्वेद चिकित्सालय में भगवान श्री धनवंतरि जयंती की पूर्व संख्या पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयूर्वेद को लेकर आजादी के बाद सर्वाधिक कार्य हुआ है उन्हॉने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है चिकित्सकों और अन्य संस्थाओं को जमीनी कार्य करने की आवश्यकता है उन्होंने आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर वह गांव गांव जायें घरेलू उपयोगी नुस्खों का पता लगाएं और उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा में शामिल कर पद्वति को और समृद्धि करें राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था संशोधन अध्यादेश दो हजार अट्ठारह को प्रख्यापित कर दिया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा समय में विधानमण्डल सत्र न चलने के कारण और विषय की तत्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षण के बाद अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है उन्होंने बताया कि जल संमरण और सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए अविनियम उन्नीस सौ पवहत्तर विद्यमान हैं जिसमें दो हजार सात में कृष्ठ संशोधन किये गये थे आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले महर्षि धनवंतरी की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्ति भावना के साथ मनाई जा रही है आज ही धरतेरस का भी त्योहर मनाया जा रहा है बाज़ार विभिन्न प्रकार की घरेलू साजो सामान से सज गये हैं बाज़ार में पटाखों की दुकाने बड़ी संख्या में लगी हुयी है शासन ने लोगों से नियत समय और कम प्रदूषण वाले पटाखे जलाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को धनतेरस और धनवंतरी जयंती के अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं प्रेषित की है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में अर्थ सहित चार प्रकार के पुरूषार्थ बताये गये हैं धनतेरस इसी का द्योतक है